राज्य के अड़तालीस केन्द्रों में लगेंगे टीके राज्य में पिछले चौबीस घंटो में कोरोना के एक सौ चौवालीस नए मामले सामने आए जबकि एक सौ तिहतर मरीज ठीक हुए हैं रिकवरी रेट बढ़कर सन्तानवे दशमलव नौ सात पर पहुंचा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरूआत आज देश के छह सौ जिलों में की जाएगी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

कोविड टीकाकरण का यह अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एकसाथ तीन हजार छह स्था नो पर टीकाकरण की शुरूआत होगी पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग सौ लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध् रहेगी

झारखंड में आज एक सौ चौवालीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं कल एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई हैं जबकि राज्य में कोरोना से एक सौ तिहतर मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार तीन सौ सताईस सक्रिय केस हैं इनमें एक लाख पन्द्रह हजार नौ मरीज ठीक हैं अब तक राज्य में कोरोना से एक हजार अड़तालीस लोगों की मौत हुई हैं

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डा नितिन कुलकर्णी ने इस संबध में बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में एक दिन में केवल दो केन्द्रो पर ही टीकाकरण होगा सभी जिलों को इससे संबधित निर्देश दिया जा चुका है उन्होंने बताया कि कल रांची में सदर अस्पताल और नामकुम के सीएचसी में टीकाकरण होगा

उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार सिविल सर्जन डॉ डीएन सिंह के नेतृत्व में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है जिला आरसीएच कार्यालय में वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचे वाहन का स्वागत किया गया इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव एसपी अनुरंजन किसपोट्टा सिविल सर्जन डा डीएन सिंह सहित अन्य मौजूद थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों कीसंयुक्त बैठक को सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी पहली फरवरी को केन्द्रीयबजट पेश किया जायेगा मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायीसमितियों द्वारा उनकी रिर्पोटों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाई पन्द्रह फरवरीको स्थगित हो जायेगी बजट सत्र का द्रसरा भाग आठ मार्च को शुरू होगा सत्र के आठ अप्रैल को सम्पन्न होने की संभावना है

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का यह चरण नये दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केन्द्रित होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रारम्भ स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो काफ्रेन्सिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे इस दो दिवसीय सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आयोजित कर रहा है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज इस शिखर सम्मेलन का उदघाटन करेंगे

उस समय प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित करने की भारत की वचनबद्वता व्यक्त की थी

राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता निजी स्कूलों के इन्ट्री क्लास में पच्चीस प्रतिशत सीटों पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबध में सभी नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं इकतीस मार्च तक सभी जिलों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए भूमि का खतियान प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है इससे संबधित पत्र नगर विकास विभाग के सभी निकायों के नगर आयुक्तों नगर परिषद और नगर पंचायत के सचिवों को भेजा गया है पत्र में कहा गया है कि राज्य में लागू बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृति के लिए म्युटेशन रसीद और रजिर्स्टड सेल डीड के साथ संबधित भूमि का खतियान अनिवार्य है रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आर आर डीए ने राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा था आरआरडीए ने कागजातों की अनिवार्यता के कारण कई तरह की परेशानी होने का जिक्र किया था रांची जिले के बहुचर्चित महिला हत्याकांड के मुख्य आरोपी बेलाल को पुलिस ने ओरमांझी से गिरफ्तार कर लिया है वहीं गुमला से एनसीबी की टीम ने एक सौ अठारह किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

इधर उग्रवादी संगठन टीपीसी के इनामी उग्रवादी मुकेश गंजू ने चतरा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है इधर खूंटी जिला पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के एक हार्डकोर सदस्य सुखराम पुर्ति को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार माओवादी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल एक जिन्दा कारतूस और संगठन का बैनर बरामद किया है चतरा जिले में अब कई भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रो में भवन निर्माण कराने की स्वीकृति जिला प्रशासन ने दे दी है

राजधानी रांची और आसपास के इलाके में अगले दो से तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है रांची स्थित केन्द्रीय मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान सुबह में कोहरा और ध्रृंध तथा दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है वहीं सत्रह अठारह जनवरी से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कल से कारोना वैक्सीन लगने की शुरूआत की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने कल से राज्यभर में शुरू होगा टीकाकरण राज्य सरकार की तैयारी पूरी शीर्षक से कोरोना वैक्सीन की खबर को पहले पन्ने पर पहले पेज पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है अबुआ राज में चार सौ से अधिक बच्चियों की इज्जत तार तार शीर्षक को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है

रांची तैयार कल से वायरस पर वार इस शीर्षक के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने मकर संक्रान्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित दी टाईम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाईम्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल से भूपेन्द्र सिंह मान के हटने की खबर को अपनी लीड बनाई है